झारखंड उच्च न्यायालय ने सभी को राषन उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई प्रणाली को लेकर सरकार से मांगी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शुक्रवार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देष के सभी ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे इस मौके पर वे ई ग्रामस्वराज्य पोर्टल और मोबाइल एप के अलावा स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री कोरोना वायरस के संक्रमण और बचाव को लेकर ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधिर्यो से विचार को साझा करेंगे वहीं सताइस अप्रैल को प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉकडाउन में दी की छूट और उसके प्रभाव को लेकर बातचीत करेंगे

अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसक कार्रवाई संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जाएगा अध्यादेश में स्वास्थ्यकर्मियों को चोट पहुंचाने या उन्हें नुकसान पहंचाने अथवा संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले के दोषियों को तीन से पांच महीने की कैद तथा पचास हजार से दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है उन्होंने कहा कि गंभीर क्षति पहुंचाने के मामले में दोषी को छह महीने से सात वर्ष की कैद हो सकती है ऐसे दोषियों पर एक लाख से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों के वाहनों या क्लीनिक को नुकसान पहुंचाने वाले दोषियों से क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के मूल्य का दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा

केंद्र ने कल सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है उन्होंने कहा कि संकट के इस दौर में संक्रमण और भूख तथा गरीबी जैसे दो मोर्चो पर लड़ाई लड़ रही है मुख्यमंत्री ने कोरोना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि राज्यवासियों को सहयोग से वे इस चुनौती को पार कर लेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच में तेजी लाने के लिए लैबों की संख्या बढ़ाने के साथ रैपिड टेस्ट और पुल टेस्टिंग का भी इस्तेमाल करेगी श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में कोई भूखा नहीं रहे इसके लिए छह हजार छह सौ अठाइस मुख्यमंत्री दीदी किचन लगभग नौ सौ दाल भात केंद्र और तीन सौ अस्सी पुलिस थानों में कम्यूनिटी किचन के माध्यम से हर दिन लगभग बारह लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है इसके अलावा दूसरे राज्यों में फंसे लगभग आठ लाख से ज्यादा लोगों को मदद पहंचाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं लोगों को दो माह का अग्रिम राशन दिया गया है वृद्द विधवा और दिव्यांगों को पेंशन के रूप में दो सौ तेरासी करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है सरकार राज्य के सभी लोगों को सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है रांची नगर निगम में कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करते हुए कुछ सेवाएं शुरू की जा रही है इसके तहत जन्म एवं मृत्युप्रमाण पत्र के लिए आवेदन लिए जाएंगे और होल्डिंग तथा वाटर टैक्स भी जमा किया जा सकता है र्टैंकर से पानी की आपूर्ति और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए भी लोग आवेदन दे सकेंगे इन सेवाओं के संचालन के लिए निगम के दफ्तर में एक काउंटर खोला जा रहा है इधर सरकार के निर्देशानुसार एक तिहाई कर्मियों को ही कार्य के लिए दफ्तार बुलाया जाएगा इसके अलावा निगम के दफ्तर में जो लोग आएंगे उनका पूरा ब्योरा भी रखा जाएगा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

इसमें महगामा के चार पोडैयाहाट के तीन पत्थरगामा सुंदरपहाड़ी मेहरमा और बारीजोर प्रखंड में दो दो तथा ठाक्रगंगटी प्रखंड का एक राषन डीलर शामिल है

राज्य में कल चार नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इनमें से तीन संक्रमित मरीज राजधानी रांची में हॉटस्पॉट बने हिंदपीढ़ी इलाके और एक गढ़वा जिले का है इस तरह रांची से अबतक सबसे ज्यादा अठाइस कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं इसके अलावा बोकारो से दस हजारीबाग से तीन धनबाद से दो सिमडेगा से दो और गिरिडीह कोडरमा देवघर और गढ़वा से एक एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है इन संक्रमितों में तीन की मौत हो चुकी है गौरतलब है राज्य में कोरोना संक्रमण से संबंधित सैंपलों की जांच के लिए चार लैब हैं कल इन लैबों में पांच सौ आठ सैंपलों की जांच की गई इस तरह पूरे राज्य में अभी तक छह हजार छह सौ छियानबे सैंपल लिए जा चुके हैं इनमें से पांच हजार एक सौ सताइस की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है गढ़वा जिले में कल एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रषासन ने पीड़ित को परिजनों को क्वारेंटाइन में भेज दिया है इनकी भी जांच कराई जाएगी इसके अलावा पीड़ित के मुहल्ले को भी सील कर दिया गया है जिले के उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण का मामला आने के बाद लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए अधिकारियों को आवष्यक निर्देष दे दिए गए हैं उन्होंने यह बताया कि संक्रमित मरीज अपने संबंधी का इलाज कराने के लिए रांची गया था जहां वह भी संक्रमित हो गया सिमडेगा जिले में दो कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद सैंपल की जांच में तेजी लाई जा रही है

राज्य के सभी सरकारी विद्यालय आगामी बीस मई तक बंद रहेंगे जबकि नामांकन प्रक्रिया पच्चीस मई से पंद्रह जून तक चलेगी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर प्रस्ताव तैयार किया है हालांकि नामांकन को लेकर पहले की तरह अभियान चलेगा या नहीं इसपर अभी निर्णय होना बाकी है विभाग की ओर से बताया गया कि कोरोना महामारी को लेकर कई विद्यालयों को क्वारेंटाइन सेंटर बनाया गया है इसलिए विद्यालय खुलने पर सबसे पहसे उसे सैनिटाइज किया जाएगा इसके उपरांत तेइस मई से शिक्षकों की विद्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी उधर झारखंड एकेडिमक काउंसिल द्वारा आठवीं बोर्ड का रिजल्ट मई के पहले सप्ताह में जारी किए जाने की संभावना है साहिबगंज जिले के कंटेन्मेंट जोन में राशन के वितरण के लिए डाक विभाग की सेवा ली जाएगी जिले के उपायुक्त वरुण रंजन ने कहा कि डाककर्मी क्वारेंटाइन किए गए घरों के लोगों को राशन पहंचाएंगे उन्होंने यह भी बताया कि जिले में दवा आपूर्ति का कार्य डाक विभाग द्वारा किया जा रहा है कोरोना महामारी से बचाव के सिलसिले में पूरे देष में लॉकडाउन है इस लॉकडाउन के तहत कृषि कार्यो को करने के लिए सषर्त छूट दी गई है ऐसे में किसानों के खाते में प्रधानमंत्री के द्वारा भेजी गई दो हजार रुपए की राषि काफी उपयोगी साबित हो रही है गिरिडीह के किसानों ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया झारखंड उच्च न्यायालय ने सभी के लिए राशन और भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के राज्य सरकार द्वारा जो प्रणाली तैयार की है उसकी जानकारी मांगी है मुख्य न्यायधीश डॉ रवि रंजन और न्यायधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने राशन कार्ड के लिए आवेदन देने और नहीं देने वालों को अनाज देने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से यह जानना चाहा कि इस समस्या से निपटने के लिए क्या व्यवस्था बनाई जा रही है अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि दिल्ली में जिस तरह बिना राशन कार्ड वाले को अनाज दिया जा रहा है वैसी व्यवस्था यहां भी कर सकती है अदालत ने यह भी कहा कि व्यवस्था ऐसी हो जिससे लोगों को आसानी से राशन सुलभ हो जाए

पलामू जिला के लेस्लीगंज प्रखंड स्थित कोटखास पंचायत भवन में बनाए गए क्वारेन्टीन सेंटर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली लॉकडाउन में घर आने के बाद उसे अठारह अप्रैल को क्वारेन्टीन किया गया था मामले की जानकारी मिलने पर जिले के उपायुक्त शांतनु कुमार अग्रहरि और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की संक्षिप्त खबरें कोरोना संकट को देखते हुए राज्य के सभी अभियंता अपने एक दिन का वेतन प्रधानमंत्री केयर फंड और मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे झारखंड अभियंत्रण सेवा संघ की कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया

इन दोनों युवकों की क्वारेंटाइन अवधि समाप्त होने के बाद जेल भेजा जाएगा

ये सभी पष्विम बंगाल से आकर यहां रह रहे थे

प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत द्वारा एनोस एक्का को इस मामले में इक्कीस मार्च को दोषी करार दिया गया था